भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का आह्वान किया पार्टी की पहली आभासी रैली बिहार जन सम्मान को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि रैली कोई चुनावी या राजनीतिक रैली नहीं है बल्कि यह कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में देश के लोगों को एक साथ लाने के लिए एक रैली है

विपक्षी दलों विशेषकर कांग्रेस और राजद की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि ये दल प्रवासी मजदूरों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने लगभग एक करोड़ पच्चीस लाख प्रवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा कर उनके कल्याण के लिए कई उपाय किए हैं

लॉकडाउन के पांचवें और अनलॉक के पहले चरण में केंद्र सरकार की ओर से दी गयी छूट के क्रम में राज्य में कल से सभी सरकारी दफ्तरों में कामकाज सामान्य हो जायेगा धार्मिक स्थल रेस्टोरेंट और मॉल्स को कुछ शर्तों के साथ खोला जाएगा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन स्थानों को खोलने के लिए चार जून को मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की थीं सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों प्रमंडलों और जिलों को निर्देश जारी किया है विभाग ने छूट के दौरान कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिये केंद्र सरकार की ओर से तय दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार मॉल रेस्तरां या कार्यस्थलों में कम से कम छह फीट की सुरक्षित दूरी बनाए रखना और फेस कवर या मास्क पहनना शामिल है सभी रेस्तराओं से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि रेस्तरां में खाना खिलाने के बजाय भोजन पैक करवाकर घर ले जाने को प्रोत्साहन दिया जाए रेस्तरां के कर्मचारियों और मालिकों को फेस कवर या मास्क का इस्तेमाल आवश्यक रूप से करना होगा पैंसठ वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों और दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों को धार्मिक स्थलों पर नहीं आने की सलाह दी गयी है सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी और किसी भी तरह की बीमारी होने पर जल्द से जल्द राज्य या जिला हेल्पलाइन पर सम्पर्क करना होगा प्रदेश में आज कोरोना वायरस के एक सौ एकतालीस नये मामलों की प्रष्टि हई है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर चार हजार नौ सौ बहत्तर हो गयी है आज प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मुजफ्फरपुर में तीस सुपौल में सोलह मुंगेर और समस्तीपुर में पंद्रह पंद्रह किशनगंज और भागलपुर में आठ आठ खगड़िया और सहरसा में छह छह गया में पांच रोहतास और बक्सर में चार चार नालंदा में तीन तथा नवादा वैशाली और पटना में दो दो मामले दर्ज किये गये हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक दो हजार चार सौ पांच मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि महामारी से तीस लोगों की मौत हुई है राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार पांच सौ छत्तीस है स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि घर घर सर्वे के दौरान अब तक पांच लाख इकतीस हजार व्यक्तियों की जांच की गयी है देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर अड़तालीस दशमलव तीन छह प्रतिशत हो गई है ठीक होने वाले व्यक्तियों की संख्या एक लाख उन्नीस हजार दो सौ तिरानवे तक पहुंच गई हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में नौ हजार नौ सौ इकहत्तर लोगों में संक्रमण की पुष्टि के साथ ही देश में कोविड उन्नीस रोगियों की संख्या दो लाख छियासी हजार छह सौ अठाईस हो गई हैं देश में कोविड उन्नीस महामारी शुरू होने के बाद एक ही दिन में संक्रमित व्यक्तियों की ये सबसे अधिक संख्या है पिछले चौबीस घंटों में कोरोना से दो सौ सत्तासी लोगों की मौत हुई हैं देश में कोरोना से मृत्यु दर दो दशमलव आठ शून्य प्रतिशत है इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के अधिकारियों ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में एक लाख बयालीस हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई देश में अब तक कुल छियालीस लाख छियासठ हजार तीन सौ छियासी नमूनों की जांच की जा चुकी है केन्द्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को राहत देने के लिए कई कदम उठाये हैं इनकी मदद के लिए सरकार ने मनरेगा के तहत एक लाख एक हजार पांच सौ करोड़ रुपये की राहत दी है मनरेगा के तहत राष्ट्रीय स्तर पर मजद्री एक सौ बयासी रुपये से बढ़ाकर दो सौ दो रुपये प्रतिदिन कर दी गई है जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी दो महीने के लिए अनाज उपलब्ध कराया गया है प्रत्येक महीने प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम चावल या गेंहू और प्रति परिवार एक किलोग्राम दाल या चना भी दिया गया है बिहार में सभी पात्र प्रवासी मजदूरों को मतदाता सूची के अद्यतन के दौरान इसमें सम्मिलित किया जाएगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी एच आर श्रीनिवास ने बताया कि सभी जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची के विशेष आंशिक संशोधन की शुरूआत करेंगे मतदाता सूची की अद्यतन प्रक्रिया जारी है राज्य में लौटे उन लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है अब तक देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग पच्चीस लाख प्रवासी मजदूर बिहार वापस लौटे हैं कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को लेकर राज्य सरकार की ओर से सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं सूचना एवं जन संपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि कोविड उन्नीस से सुरक्षा के लिए लोगों की ट्रैकिंग टेस्टिंग ट्रीटमेंट और डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जा रही है श्री कुमार ने कहा कि प्रदेश में लगभग सात हजार प्रखंड क्वारंटीन केन्द्रों में एक लाख तिरासी हजार से अधिक लोग रह रहे हैं जबकि तेरह लाख उनतीस हजार से अधिक लोग क्वारंटीन की निर्धारित अवधि पूरा कर अपने घर वापस जा चूके हैं उन्होंने बताया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के बिहार आने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है आज नौ श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से ग्यारह हजार पांच सौ पचास लोग बिहार पहुंचे हैं जबकि कल दो ट्रेनों के माध्यम से तीन हजार तीन सौ प्रवासी पहुंचेंगे श्री कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक सप्ताह के अंदर लगभग सभी जिलों में जांच की सुविधा प्रारंभ कर दी जायेगी आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि कोविड उन्नीस महामारी के समय लोगों का स्वस्थ भोजन खाना अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना और स्वस्थ रहना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उन्होंने युवाओं से विशेष रूप से जंक फूड से बचने और स्वस्थ रहने का आग्रह किया खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सुरक्षित खाद्य मानकों को सुनिश्चित करने और बनाए रखने के लिए सभी का सतर्क और जागरूक रहना जरूरी है प्रदेश में एक जून के बाद लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अब तक पन्द्रह लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि ग्यारह प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पांच हजार आठ सौ सत्तर वाहन जब्त किये गये हैं जबकि एक करोड़ इकसठ लाख रूपये से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गयी है राष्ट्रीय होटल प्रबंधन परिषद की बाईस जून को होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा एनसीएचएम जेईई दो हजार बीस स्थगित कर दी गई है एक ट्वीट संदेश में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि वर्तमान स्थिति और उम्मीदवारों के अनुरोध को देखते हुए यह फैसला किया गया है उन्होंने कहा कि नई तारीखों की घोषणा उचित समय पर की जाएगी प्रदेश में ग्यारह से तेरह जून के बीच मॉनसून के प्रवेश करने की संभावना है मौसम विभाग ने प्री मॉनसून के महीने में हुई बारिश और अनुकूल परिस्थितियों से यह अनुमान लगाया है आठ जून को एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है बीस जून तक पूरे प्रदेश में बारिश शुरू होने की संभावना है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में आकाश के आंशिक मेघाच्छादित रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है कुछ स्थानों पर वज्रपात के साथ हल्की बारिश हो सकती है आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में लोगों से आयुष संजीवनी ऐप डाउनलोड करने का आग्रह किया है इस ऐप के जरिए लोग अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के उपायों के बारे में जान सकते हैं और स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं श्री कोटेचा ने कहा कि न्यूमोनिया जैसी बीमारी का सामना कर रहे लोगों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए और आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए

केन्द्र सरकार ने मीडिया के कुछ भागों में प्रसारित इन खबरों का खंडन किया है कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह में गिरावट आई और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की तुलना में प्रत्यक्ष कर वसूली में बढोत्तरी नकारात्मक रही एक बयान में वित्त मंत्रालय ने कहा है कि प्रत्यक्ष कर संग्रह में गिरावट प्रत्याशित थी और ऐतिहासिक कर सुधारों को देखते हुए ये गिरावट अस्थायी किस्म की थी हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवधि के दौरान कर विभाग ने बहुत अधिक रिफंड जारी किए

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ऐतिहासिक कर सुधारों के प्रभाव को हटाने के बाद जीडीपी में विकास दर की तुलना में प्रत्यक्ष करों में एक उच्च व्रद्वि दर देखी गई है इन चुनौतीपूर्ण समय में भी यह वृद्धि सावित करती है कि सरकार द्वारा कर आधार के विस्तार के लिए किये गये प्रयास परिणाम दे रहे हैं आनंद चतुर्वेदी के साथ अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार दिल्ली वैशाली पुलिस और एसटीएफ की टीम ने पिछले वर्ष हाजीपुर में एक निजी वित्तीय कम्पनी में लूट के मामले में चार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला ने बताया कि अपराधियों के पास से लूट का आठ किलो से अधिक सोना दो पिस्तौल और दस कारतूस सहित अन्य सामान बरामद किया गया है

अस्पताल के अधीक्षक डाक्टर आरसी मंडल ने बताया कि अब इमरजेंसी में कुल बिस्तरों की संख्या एक सौ बीस हो गयी है जमूई जिले के चकाई थाना क्षेत्र के सरौन मोड़ के पास से पूलिस ने गूप्त सूचना के आधार पर छह सौ पीस जिलेटिन के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है